राजपथ पर दिखायी दी सैन्य ताकत और विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गयी उपलब्धियों की झलक प्रदेश में हर्षोल्लास से मनाया गया गणतंत्र दिवस मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि गण और तंत्र अपनी सोच बदलकर परिवर्तनों को अपनाएं मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शांति और भाईचारे से नये भारत के निर्माण का आव्हान किया भारत ने न्यूजीलैड को दूसरे टी ट्वेन्टी किकेट मैंच में हराया

इस अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया गया जिसमें देश के इतिहास सांस्कृतिक विविधता और सामरिक शक्ति की भव्य झांकी दिखाई दी परेड़ में पहली बार चिन्क और अपाचे हेलीकाप्टर शामिल किये गये वहीं केप्टन तानिया शेरगिल पहली बार पुरूष टुकडी का नेतृत्व करने वाली महिला अफसर बनी राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने तिरंगा झंडा फहराया और परेड की सलामी ली ब्राजील के राष्ट्र्पति जाइर मैसियास बोलसोनारो इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे राष्ट्रीय समारोह में राजपथ पर मध्यप्रदेश की भी झांकी निकली जनजातीय संग्रहालय पर आधारित प्रदेश की झांकी में राज्य के विभिन्न आदिवासी समुदायों की कला संस्कृति और पंरपराओं की झलक दिखायी दी गणतंत्र दिवस प्रदेश प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस समारोहपूर्वक मनाया गया इस अवसर पर राज्यपाल लालजी टंडन ने भोपाल के लाल परेड़ मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों और संस्थाओं को इस मौके पर पुरस्कार प्रदान किये गणतंत्र दिवस समारोह में सरकार की उपलब्धियां दर्शाने के लिए विभिन्न विभागों की रंगारंग झांकियां भी निकाली गई मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर में ध्वजारोहण किया नेहरू स्टेडियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में सरकार द्वारा जनहित के लिए किये जा रहे कार्यों का जिक्र करते हुए जनता के कल्याण के प्रति अपनी वचनबद्वता दोहराई उन्होने कहा कि गण और तंत्र अपनी सोच बदले और परिवर्तनों को अपनाएं अपने संदेष में उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योग स्थापना और निवेष के लिए जल्दी ही नया कानून बनाया जाएगा इसमें सभी तरह की अनुमतियां अधिकतम सात दिनों में मिलेंगी

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भंडारण क्षमता बढाने के लिये नई योजना शुरू करने का ऐलान किया है

बडवानी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला स्तरीय कार्यक्रम में गृहमंत्री बाला बच्चन ने परेड की सलामी ली

खंडवा में संस्कृति मंत्री डाक्टर विजयलक्ष्मी साधो और राजगढ़ में ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने विभिन्न कार्यकमों में हिस्सा लिया नरसिंहपुर मे विधानसभा अध्यक्ष एनपीप्रजापति और सिवनी में उपाध्यक्ष हिना कांवरे गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए गुना में आयोजित विशेष मध्यान्ह भोजन में श्रम मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया शामिल हुए देवास जिला मुख्यालय पर आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में लोक निर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा शामिल हुए वहीं उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और श्योपुर में प्रभारी मंत्री लाखन सिंह यादव ने परेड की सलामी ली जबलपुर में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह वित्त मंत्री तरूण भानोत के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ उधर धार में वनमंत्री उमंग सिघार डिडौरी में आदिम जाति कल्याण मंत्री ओकार सिंह मरकाम भिंड में सहकारिता मंत्री डाक्टर गोविन्द सिंह छिदवाडा में पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने तिरंगा फहराया वहीं सागर में आयोजित समारोह में कोटवार भी परेड में शामिल हुए बैतूल झाबुआ उमरिया अनूपपुर मंदसौर छतरपुर में जिला कलेक्टरों ने परेड की सलामी ली नीमच में भी गरिमामय ढंग से गणतंत्र दिवस पर्व आयोजित किया गया

उन्होंने राजस्थान तमिलनाडु उत्तराखंड के जल संरक्षण के क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों का उदाहरण देते हुए संकल्प से सिद्वी की बात कही दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में ब्रू रियांग जनजाति शरणार्थियों के पुनर्वास और उत्तर पूर्व में हिंसा की गतिविधियों में आयी उल्लेखनीय कमी का जिक करते हुए कहा कि इससे सिद्ध होता है कि किसी भी समस्या का समाधान एक और समस्या खड़ी करने से नहीं होता प्रधानमंत्री ने शांति और भाईचारे से नए भारत के निर्माण का आह्वहान किया उन्होने असम के गुवाहाटी में हाल ही में संपन्न युवा खेलों की बात करते हुए कहा कि खेलो से लोगों में शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की ललक पैदा होती है प्रधानमंत्री ने खेलों इंडिया की तर्ज पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेलो की शुरूआत की भी घोषणा की क्रिकेट अब खबर क्रिकेट की ऑकलैंड में भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरे ट्वेंटी ट्वेंटी क्रिकेट मैच में सात विकेट से हरा दिया है इस तरह भारत ने पांच मैचों की श्रृंखला में दो शून्य की बढ़त बना ली है

अगला मैच बुधवार को हैमिल्टिन में खेला जायगा